राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आज एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां एक ओर विद्यार्थियों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा महसूस किया गया है कि उन पर जानकारी का बोझ बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के ज्ञानार्जन पर भी जोर दिया गया है क्योंकि शिक्षक ही प्रबुद्ध छात्र तैयार करते हैं हथकरघा कुल्लू ज़िले के शरण गांव को हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज केन्द्रीय महिला व बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के लोगों को हथकरघा दिवस की बधाई दी

उन्होंने कहा कि इससे न केवल हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये गांव पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र भी बनेगा स्मृति ईरानी ने कहा कि शरण गांव में बुनकरों के लिए सुविधा केन्द्र स्थापित किया जाएगा उन्होंने कहा कि हैंडलूम मार्क योजना के लिए आज से शुरू की गई मोबाईल ऐप से बुनकरों को सुविधा होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी कांगड़ा ज़िले के देहरा से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया

मुख्यमंत्री ने शरण गांव को हथकरघा गांव के रूप में विकसित करने को सहमति देने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार जताया नगर निगम शिमला के नगर निगम कार्यालय को सील कर दिया गया है उल्लेखनीय है कि कोरोना पॉजिटिव आए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के पीएसओ पिछले दिनों नगर निगम कार्यालय में आए थे और एहतियात के तौर पर अब इसे सील कर दिया गया है हालांकि आज सुबह कर्मचारी व अधिकारी कार्यालय आए थे लेकिन उन्हें घर भेज दिया गया और नगर निगम कार्यालय को सेनेटाईज किया जा रहा है माहापौर सत्या कोंडल ने बताया कि कार्यालय के सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट भी लिए जा रहे हैं क्वारंटीन इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है उल्लेखनीय है कि सुरेश कश्यप ने पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के साथ अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया था हालांकि बीती रात सुरेश कश्यप का कोरोना टेस्ट हुआ और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है सुरेश कश्यप ने कल पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल से भी उनके निवास स्थानों पर मुलाकात की जिसके बाद इन दोनों नेताओं ने भी अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने उपभोक्ताओं को उनके घर द्वार के नज़दीक राशन उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं शिमला में आज खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि राशन की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी राजेन्द्र गर्ग ने अधिकारियों को समय समय पर राशन की जांच करने को कहा सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के तारा हॉल में बुजुर्ग लोगों को सरवाइकल किटें प्रदान कीं ये किटें हैल्प ऐज इंडिया संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं

उन्होंने ज़रूरतमंदों की सेवा में संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यो को सराहा इस बीच श्रीगुरू सिंह सभा और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने आज शिमला में सुरेश भारद्वाज से भेंट कर ग्रीन एरिया में शामिल करने से आ रही असुविधाओं से उन्हें अवगत करवाया